रक्षामंत्री रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद की चुनौती काफी गंभीर है लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि वह आतंकवादी गुटों और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कारगर कार्रवाई में सक्षम है कल नई दिल्ली में तीसरे रक्षा अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा कि पड़ोसी देश ने आतंकवादी ठिकानों और आतंकवादियों को शह देकर भारत के धैर्य की परीक्षा ली लेकिन एक उत्तरदायी और सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत ने दिखा दिया कि वह आतंकवादी गुटों और उन्हें संरक्षण देने वालों के मंसूबे नाकाम करने में समर्थ है उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत आगे भी ऐसा करेगा केरोना वायरस प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव के लिये स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है इस वायरस से निपटने के लिये डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है

इस वार्ड में सभी जरूरी जीवन रक्षक दवाईयां और मेडिकल उपकरण रखे गये हैं जिससे कि संदिग्ध मरीज का तुरन्त उपचार हो सके बड़वानी जिला मुख्यालय पर कलेक्टर ने कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की परीक्षा निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव ने बोर्ड़ परीक्षा संचालन के संबंध में वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिये हैं कि परीक्षा से पहले सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाये उन्होंने कहा कि कमजोर बच्चों की नियमित रूप से रेमेडियल और एकस्ट्रा क्लासेस लगाई जाये राज्य शिक्षा केन्द्र के माडयूल और निर्देश के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करायें

बैठक राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत कल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिये गठित कमेटी की बैठक लेंगे बैठक में मुख्य सचिव एस आर मोहंती अपर मुख्य सचिव वन केके सिंह प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी राष्ट्रीय संयोजक एकता परिषद पीव्ही राजगोपाल आयुक्त भू अभिलेख एवं बन्दोबस्त सहित अपर सचिव राजस्व शामिल होंगे

आईफा अवॉर्ड का रंगारंग आयोजन एक दिन भोपाल और दो दिन इंदौर में होगा कल मिंटो हाल में मुख्यमंत्री कमल नाथ की उपस्थिति में सुप्रसिद्ध फिल्म कलाकार सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस ने आईफा अवार्ड के आयोजन तारीखो की घोषणा की

संगीत मनोरंजन और फिल्म निर्माण की विभिन्न विधाओं के समागम से जुड़े आईफा अवार्ड के आयोजन को सलमान खान के साथ रितेश देशमुखजैकलिन और केटरिना कैफ होस्ट करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आईफा का आयोजन एक आर्थिक गतिविधि है और मध्यप्रदेश की प्रोफाइल बदलना इसका उद्देश्य है

इस अवसर पर इंदौर में विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है गौरतलब है कि आमजन को कैंसर की पहचान और बचाव के उपाय के प्रति जागरुक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कैंसर के प्रति जागरुकता के लिए कल चोइथराम नर्सिंग महाविद्यालय में कैंसर से बचाव और प्राथमिक स्तर पर पहचान विषय पर कार्यषाला का आयोजन किया गया सिवनी जिला मुख्यालय पर आज चिकित्सकों द्वारा कैंसर रोग के विषय में जागरूकता एवं निदान संबंधी कार्यशाला आयोजित की जायेगी इसके साथ ही मरीजों का निशुल्क उपचार किया जायेगा उधर बैतूल के जेएच शासकीय कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू से होने वाले नुकसान पर चर्चा की जायेगी आगरमालवा जिला मुख्यालय पर भी आज कैंसर रोगियों का निशुल्क उपचार किया जायेगा

देश में भी इन पक्षियों की प्रजातियाँ बमुश्किल ही मिलती हैं

वे कुक्षी में जय किसान ऋण माफी कार्यक्रम में शामिल होंगे

वर्षा के कारण तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है